उन्होंने मास्क या फेस कवर तथा सोशल डिस्टेंसिंग को इस लड़ाई के लिये बहुत आवश्यक बताया बाइट मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य आवश्यक है बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है यह जितना खुद उस व्यक्ति के लिये खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिये भी

खुद की सुरक्षा के लिये परिवार की सुरक्षा के लिये विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गो की सुरक्षा के लिये यह बहुत जरूरी है थोड़ी सी लापरवाही थोड़ी सी भी ढिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा ओर इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में भारत को अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम नुकसान हुआ है यहां मौतों की संख्या काफी कम है उन्होंने कहा कि कोरोना को जितना रोक पायेंगे उतना ही विकास होगा

अगर हम नियमों का पालन करते रहे सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संक्रमण से भारत को कम से कम नुकसान होगा

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाये रखन के लिये निरन्तर प्रभावी प्रयास करे

वह आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे देश में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर रेलवे ने अपने रेल कोचो को मरीजों के इलाज के लिये आईसोलेशन कोच के रूप में उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है भदोही जनपद में भी इसी तरह के कोच उपलब्ध कराये गये हैं एक रिपोर्ट भदोही में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये रेलवे भी सहयोग कर रही है

शुक्रवार को यह ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची है भदोही में मरीजों की संख्या बढ़ने पर इस आईसोलेशन कोच का इस्तेमाल किया जायेगा

भदोही रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कोच को तैनात कर दिया गया है

यह रेलवे द्वारा भेजे गये है जिसमें टेबिल किया गया है और कोविड वालों के लिये जब आईसोलेट होंगे तो साथ में उसकी व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना मरीजों के लिये बेड की कमी से जूझ रहे इस जिले को यह ट्रेन राहत देगी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

प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य प्रस्तावों की मंजूरी के साथ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यह आयोग कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उददश्यों की प्राप्ति के लिये गठित किया गया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने तय किया है कि श्रमिक और कामगार चाहे प्रवासी हो या निवासी हमारे समाज के अल्पसुविधा प्राप्त इस वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार करेगी और इसी की कड़ी में आज इस आयोग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर बनने वाले बोर्ड के अध्यक्ष मूख्यमंत्री होंगे इसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री संयोजक होंगे

उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री पंचायत राज मंत्री और नगर विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब तक कोरोना संक्रमित आठ हजार नौ सौ चार लोग पूरो तरह ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं और पांच हजार दो सौ उन्सठ कोरोना संक्रमित लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतगत कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष राज्य बन गया है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सभी औद्योगिक इकाइयों का व्यापक सर्वे करने और रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है ताकि दूसरे राज्यों से हाल ही में प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को वहां रोजगार प्रदान किया जा सके

केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा च्रके हैं